राज्य सरकार सुधा दूध की तर्ज पर आज से सब्जियों की बिक्री शुरू करेगी

और पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में हुआ बदलाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोग यदि पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें खोज निकालेंगे अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे उन्होंने कहा कि वह देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे के लिए बड़े और कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर किये गये हवाई हमले का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर एक काम पूरा हो जाता है तो हमारी सरकारी सोती नहीं है बल्कि दूसरे काम के लिए तैयार रहती है भारतीय वायु सेना द्वारा जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित बालाकोट शिविर पर हमले के समय शिविर के आस पास लगभग तीन सौ मोबाईल फोन सक्रिय थे यह खुलासा खुफिया एजेंसियों के दस्तावेज से हुआ है साथ ही नेशनल टेक्नीकल रिसर्च आर्गेनाईजेशन एनटीआरओ ने भी सर्विलांस के आधार पर इसकी पुष्टि की है एजेंसियों के पास तबाह हुए शिविर की सेटेलाईट की इमेज भी मौजूद हैं जिसके आधार पर वहां नुकसान का दावा किया जा रहा है जरूरत होने पर सारे सबूत सार्वजनिक किये जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में एक देश एक कार्ड योजना की शुरूआत की इसके तहत एक ही स्वदेशी कार्ड से पैसे निकालने खरीददारी करने और परिवहन के साधनों के इस्तेमाल करने समेत कई कार्य किये जा सकेंगे फिलहाल यह कार्ड अहमदाबाद में चलेगा लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा केन्द्र सरकार ने शादी के बाद धोखा देकर अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले पैंतालीस एनआरआई पतियों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एनआरआई शादी के मामलों को देखने के लिए गठित एकीकृत नोडल एजेंसी पत्नियों को छोड़ने वाले प्रवासी भारतीयों के खिलाफ लुक आउट सर्कूलर जारी कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गयी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया था लेकिन यह पास नहीं हो सका राज्य के सभी शहरी निकायों में पांच हजार आठ सौ तेरह नये पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी नगर विकास और आवास विभाग ने नये पदों को स्वीकृत कर मंत्रिमंडल के पास स्वीकृति के लिए भेजा है मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में अधिकांश स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाये रहने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है विभाग के अनुसार इस विक्षोभ के कारण फिलहाल राज्य में सुबह शाम ठंड की स्थिति बनी रहेगी हालांकि दिन में पारा चढ़ेगा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने के संकेत नहीं है इसलिए एक सप्ताह बाद ठंड में काफी कमी आने के आसार है राज्य सरकार सुधा दूध की तर्ज पर आज से सस्ती सब्जियों की बिक्री शुरू करेगी ये सब्जियां बाजार भाव की तुलना में दस से पन्द्रह प्रतिशत तक सस्ती मिलेगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह आज पटना में हरित सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना की शुरूआत करेंगे फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के पांच जिलों पटना बेगूसराय नालंदा वैशाली और समस्तीपुर में शुरू की जा रही है

इस योजना पर चार सौ सत्तासी करोड़ रूपये खर्च होंगे हरित सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ के तहत बेची जाने वाली सब्जियां पूरी तरह जैविक होगी सब्जी बेचने के लिए राज्य सरकार की गाड़ियां अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर सभी गली मुहल्लों में बिक्री के लिए घुमेंगी आम लोग अपनी पसंद की सब्जियां वेबसाइट पर भी बुक करा सकते हैं पटना में संपन्न राज्य स्तरीय एकलव्य खेलों में एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र ओवर ऑल चैम्पियन बना बालिका फुटबॉल स्पर्धा में बिहार खेल संघ की टीम चैम्पियन बनी जबकि बालक वर्ग का खिताब पटना फूटबॉल संघ ने गया फूटबॉल संघ को तीन एक से हरा कर जीत लिया वहीं हॉकी बालक वर्ग के फाइनल में पटना एकलव्य की टीम ने मुजफ्फरपुर को बारह दो से हरा दिया बालिका हॉकी का खिताब एकलव्य पूर्णिया की टीम ने जीता भुवनेश्वर में खेले गये अंडर ट्वेंटी थ्री एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को सत्तर रनों से पराजित कर दिया इस जीत के साथ बिहार अट्ठाईस अंक लेकर ग्रुप में नवम्बर दो पर रहा पटना में आर ब्लॉक से दीघा तक छह लेन की सड़क का निर्माण कार्य बारह महीने के अंदर पूरा कर लिया जायेगा यह जानकारी देते हुए बिहार राज्य पथ विकास निगम के महाप्रबंधक संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आर ब्लॉक दीघा गंगा पथ पर फ्लाई ओवर समेत छह लेन की सड़क का निर्माण कार्य दो चरणों में कराया जायेगा पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे तेरह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शेखपुरा बेगूसराय वैशाली जहानाबाद पश्चिम चंपारण और कैमूर जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गयी तथा इकतालीस अन्य घायल हो गये सीवान दरभंगा और बेगूसराय जिले से पुलिस ने दो सौ तिरानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद की है पश्चिम चम्पारण जिले के नरकटियागंज बेतिया मुख्य पथ के पास से सशस्त्र सीमा बल के जवानो ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर साढ़े चार किलोग्राम गांजा बरामद किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वायु सेना प्रमुख वी एस धनोआ के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है वायु सेना लाशें नही गिनती धनोआ दैनिक जागरण की सुर्खी है अब पाक को घर में घुसकर मारेंगे मोदी दैनिक भास्कर ने जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है राम मंदिर धारा तीन सौ सत्तर व समान नागरिक संहिता पर स्टैंड नहीं बदलेगा जदयू प्रभात खबर की सुर्खी है असंगठित मजदूरों के लिए आज से पेंशन योजना

राज्य सरकार सुधा दूध की तर्ज पर आज से सब्जियों की बिक्री शुरू करेगी

और पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में हुआ बदलाव